मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्वता को दोहराते हुए कहा प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षो में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा केन्द्र और प्रदेश सरकार ने किसानों की समी समस्याओं का किया है समाधान मथुरा के बरसाना में आज खेली जायेगी लड्डू होली कल लट्ठमार होली का होगा आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर आज कैच द रेन यानी वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्भारंभ करेंगे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश तथा मक्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन वेतवा सपर्क परियोजना क्रियान्वित करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना होगी इस परियोजना के तहत दौधन बांध के निर्माण और केन तथा बेतवा नदियों को जोडने वाली नहर के जरिये केन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा इससे हर वर्ष दस लाख बासठ हजार हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई और लगभग बासठ लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति के अलावा एक सौ तीस मेगावाट पनबिजली पैदा की जा सकेगी इस परियोजना से बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति की जा सकेगी इससे जल की कमी को दूर करने के लिए नदियों को जोडने की अन्य परियोजनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो सकेगा वर्षा जल संचय अभियान देशभर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इसका नारा होगा जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकहा करें यह अभियान आज शुरू होकर तीस नवबर तक मॉनसून पूर्व और मॉनसून के दौरान लागू किया जाएगा

उन्होंने कहा कि सरकार कम लागत में ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों की हरसंभव सहायता कर रही है उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों को उनके उत्पाद को इच्छानुसार कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता देते हैं मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में मिशन किसान कल्याण के तहत आयोजित प्रदर्शनी और किसान मेले का उदघाटन करने के बाद उपरिथित किसानों को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के बारे में जानकारी देने वाले यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल का भी उदघाटन किया प्रदेश सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूरा होने पर मिशन किसान कल्याण के तहत कल प्रदेश के सभी विकास खंडों में प्रदर्शनी और किसान मेलों का आयोजन किया गया अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद किसानों को केंद्र में रखकर नीतिया बनाने का कार्य शुरू हुआ उन्होंने कहा कि आज किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है श्री योगी ने कहा कि किसानों को उनकी फसल की लागत का डेढ़ ग्ना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में गुमराह कर रहे हैं उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएगी श्री योगी ने कहा कि नए कृषि कानूनों के बाद मंडियां स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगी मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर चीनी मिलों को बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में बयालीस चीनी मिलें चलती थीं लेकिन पूर्व की बसपा और सपा सरकारों की नीतियों के कारण इनमें से अधिकतर चीनी मिलें बंद हो गई मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्षो में चीनी मिलों को पनः संचालित करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं पिछले साल गोरखपुर के पिपराइच में चीनी मिल को शुरू किया गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय दस चीनी मिले सफलतापूर्वक चल रही हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्षो में गन्ना किसानों की एक लाख सत्ताईस हजार करोड़ रूपए की बकाया राशि का भुगतान किया है मुख्यमंत्री ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि इन संगठनों की मदद से किसानों को बैंकों से जोड़ने और उन्हें वृहद बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलती है

इस प्रेक्षागृह का निर्माण लगभग बावन करोड़ रूपए को लागत से किया गया है मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि गोरखपुर में लंबे समय से सांस्कृतिक कर्मी और कलाकार एक प्रेक्षागृह की मांग कर रहे थे जो आज परी हो गयी उन्होंने कहा कि इस अत्याधनिक प्रेक्षागृह में सार्वजनिक कार्यक्रमों संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधाए दी गयी हैं प्रेक्षागृह के मुख्य सभागार में एक हजार छिहत्तर और छोटे प्रेक्षागृह में दो सौ पचास लोगों के बैठने की व्यवस्था है इसके अलावा प्रेक्षागृह में अत्याधुनिक मीडिया सेन्टर कॉन्फ्रेस हॉल के साथ पार्किंग कैन्टीन और पुस्तकालय की सुकिधाएं भी हैं

उन्होंने कहा कि आम किसान सरकार के साथ हैं क्योंकि उन्हें मौजूदा सरकार से ऐसे कई लाभ प्राप्त हुए हैं जो पहले की सरकारों के शासनकाल में नहीं मिल पाये श्री गंगवार प्रदेश सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर बरेली में आयोजित एक किसान संगोष्ठी और मेले में बोल रहे थे शाहजहांपुर में कल इस अवसर पर गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा चार वर्षो में कराये गये विकास कार्यों की विकास पुरितका का विमोचन किया गया कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने महिलाओं को विधवा पेंशन के प्रमाण पत्र वितरित किये विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें जन प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया

बिहार में इक्कीस मार्च उन्नीस सौ सोलह को संगीतकारों के खानदान में जन्में उस्ताद विस्मिल्लाह खान की संगीत शिक्षा उनके चाचा अली बख्श विलायत् के निर्देशन में तीन वर्ष की आय में श्रू हो गयी शहनाई को विश्व पटल पर ले जाने में विस्मिल्लाह खान का अत्लनीय योगदान है विस्मिल्लाह खान को संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पद्मभूषण और पद्मविभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया वर्ष दो हजार एक में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को राष्ट्र की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में कल से तीन दिनों तक चलने वाले शहनाई उत्सव की श्रूआत हो गयी संगीत नाटक अकादमी और बीएचयू के संयुक्त तत्वावधान में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है भारत कोविड वैक्सीन की लगभग साढे चार करोड़ ख्राक देने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहंच गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को पच्चीस लाख चालीस हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है इन्हें मिलाकर अब तक चार करोड़ छियालीस लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं इस बीच देश में कोविड संक्रमण के प्रसार में तेजी आयी है प्रदेश में भी कोविड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं राज्य सरकार ने कोविड की सावधानी का पूरी तरह पालन करने की सलाह दी है मथुरा के बरसाना में आज लड़डू होली जायेगी यहां की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली के लिए परम्परानुसार आज बरसाना रिथत राधा रानी के महल से निमंत्रण रूपी गुलाल लेकर राधा की सखिया कान्हा के गांव नन्दगांव पहंचेंगी नन्दगांव में लटठमार होली का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद बरसाना के राधा रानी मंदिर में लड़डू होली का आयोजन होगा इसके अगले दिन यानी कल बरसाना में लटठमार होली खेली जायेगी नन्दभवन में धमधाम से फाग आमंत्रण महोत्सव मनाया जाता है मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि लटठमार होली मेला की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और पुलिस प्रशासन ने मेला क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से पांच जोन और बारह सेक्टर में बांटा है